राज्यस्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित किया गया जहां राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ध्वजारोहण कर भव्य परेड की सलामी ली समारोह में पुलिस होमगार्ड सेना व अग्निशमन जवानों सहित एनसीसी व एनएसएस वॉलंटियर्स ने शानदार मार्चपास्ट प्रस्तुत किया इसके अलावा विभिन्न ज़िलों के सांस्कृतिक दलों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा विकासात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करती झांकियां प्रस्तुत की गई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा सहित कई अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे

सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने बिलासपुर में ज़िलास्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया

कुल्लु समारोह कुल्लू में गणतंत्र दिवस समारोह ढालपुर मैदान में आयोजित किया गया इस दौरान कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया उन्होंने लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि प्रदेश ने विकास के सभी क्षेत्रों में आशातीत प्रगति की है चम्बा समारोह चम्बा ज़िला मुख्यालय में हुए समारोह की शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने अध्यक्षता की उन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीद जवानों को भी याद किया सरवीण चौधरी ने केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई सोलन समारोह सोलन में हुए ज़िलास्तरीय समारोह में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ध्वजारोहण किया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांवों को सशक्त आर्थिक इकाई बनाने और गोवंश के माध्यम से आर्थिक समृद्धि के युग का सूत्रपात करने को कृतसंकल्प है उन्होंने कहा कि सभी ज़िलों को बेसहारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है धर्मशाला समारोह कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया समारोह में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्चपास्ट की सलामी ली इस अवसर पर उन्होंने बहुमूल्य सेवाओं के लिए भारतीय सेना के जवानों का आभार जताया ऊना समारोह स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने ऊना में हुए समारोह की अध्यक्षता की और ध्वजारोहण किया उन्होंने ऊना में शहीदी समारक में शहीदों को श्रद्वासुमन भी अर्पित किए अपने संबोधन में विपिन परमार ने कहा कि सरकार लोगों को ज़रूरत के समय बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए युनिवर्सल हैल्थ केयर प्रोटैक्शन योजना लागू करने को प्रयासरत है मण्डी समारोह मण्डी के सेरी मंच पर हुए गणतंत्र दिवस समारोह में वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि सरकार के प्रयासों और जन सहयोग से प्रदेश में वन क्षेत्र में अच्छी बढ़ोतरी हुई है

हमीरपुर समारोह हमीरपुर में हुए समारोह में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश न केवल देश बल्कि विश्व में निवेशक प्रिय गंतव्य बनने की ओर अग्रसर है

नाहन समारोह नाहन में हुए समारोह की विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने अध्यक्षता की और ध्वजारोहण कर आकर्षक मार्चपास्ट की सलामी ली उन्होंने लोगों से राष्ट्र की एकता व अखण्डता बनाए रखने का आह्वान किया

लाहौल स्पीति ज़िला मुख्यालय केलंग में कड़ाके की ठण्ड के बावजूद समारोह हर्षोल्लास से मनाया गया उपायुक्त केके सरोच ने ध्वजारोहण कर समारोह की अध्यक्षता की रिकांगपिओ में उपायुक्त गोपाल चंद ने गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि हिमाचल ने पहाड़ी राज्यों को विकास की नई दिशा दिखाई है और प्रदेश आज विकास का मॉडल राज्य बन कर उभरा है